भारत को फ्रांस से पहला रफाल लड़ाकू विमान मिल गया है रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने फ्रांस के मेरीनेक में दसां एविऐशन की उत्पादन इकाई में एक समारोह में इसे ग्रहण किया श्री सिंह ने इस अवसर पर शस्त्र पूजा की और रफाल में उड़ान भरी इस अवसर पर रक्षामंत्री ने कहा कि यह समारोह भारतीय वायुसेना के लिए एक ऐतिहासिक अवसर है उन्होंने कहा कि यह भारत और फ्रांस के बीच महत्वपूर्ण रणनीतिक भागीदारी का प्रतीक है उन्होंने आशा व्यक्त की कि इन दो महत्वपूर्ण और बड़े लोकतांत्रिक देशों के बीच सहयोग और बढ़ेगा ये विश्व की शांति समृद्धि और पर्यावरण संरक्षण में योगदान करते रहेंगे

मैं आश्वस्त हूं कि रफाल मीडियम मल्टी रोल कोंबेट एयर क्राफ्ट हमको और मजबूत प्रदान करेगा तथा हमारी हवाई क्षमता को बढ़ाते हुए क्षेत्र में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करेगा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने महात्मा गांधी की एक सौ पचासवीं जयंती वर्ष में लोगों से अन्न बर्बाद न करने ऊर्जा संरक्षण और पानी बचाने के लिए अभियान शुरू करने की आहवान किया है उन्होंने लोगों से इस मिशन को पूरा करने के काम में बढ़ चढ़ कर भाग लेने को कहा दिल्ली में आयोजित दशहरा समारोह को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि अगर लोग सामूहिक भावना की शक्ति को समझना चाहते हैं तो उन्हें भगवान कृष्ण और भगवान राम से प्रेरणा लेनी चाहिए केन्द्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने लोगों से शिक्षण संस्थानों कारखानों और व्यवसायिक परिसरों में पौधे लगाने का आह्वान किया है उन्होंने कहा कि पर्यावरण के लिए यह एक बड़ा योगदान होगा श्री जावड़ेकर ने आज जयपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि प्रकृति को बचाकर ही हम धरती की रक्षा कर सकते हैं बाईट जहां संभव है वहां ठीक तरीके से पेड़ लगाना यह पर्यावरण के लिए बहत महत्वपूर्ण सेवा है

श्री जावड़ेकर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सौर और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे पर्यावरण अनुकूल स्रोतो की मदद से साढ़े चार लाख मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा है जिसका कई देशों ने स्वागत किया है कोन्द्रीय मंत्री और सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि पटना साहिब को जल जमाव से मुक्त कराने के लिए जल्द ही मास्टर प्लान तैयार करायेंगे अपने संसदीय क्षेत्र के जल जमाव वाले इलाकों का निरीक्षण करने के बाद उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र को मुक्त करना उनकी प्राथमिकता है केन्द्रीय मंत्री आज पीएमसीएच जाकर डेंगू पीड़ितों से मिलेंगे साथ ही पटना के अन्य जल जमाव वाले इलाकों का भी निरीक्षण करेंगे पटना जिले के मनेर में गंगा नदी में बालू से लदी एक नाव के पलट जाने से तीन लोगों की डूबने से मौत की खबर है हादसा मनेर के हल्दी छपरा गांव के पास हुआ नाव पर उन्नीस लोग सवार थे जिनमें से सोलह मजदूरों ने तैरकर अपनी जान बचायी लेकिन तीन मजदूर तेज धार में बह गये जिनकी तलाश जारी है प्रदेश के बाढ़ प्रभावित इलाकों में पानी धीरे धीरे उतर रहा है बाढ़ पीड़ित लोग अब अपने घरों की ओर लौटने लगे हैं गंगा पुनपुन महानंदा और बागमती नदी के जलस्तर में कमी आने से स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है प्रशासन की ओर से बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए युद्धस्तर पर राहत और बचाव कार्य किया जा रहा है राज्य के श्रम संसाधन मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने संबंधित अधिकारियों को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राशन किरासन का अभिलंब वितरण सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया है उन्होंने कहा कि राशन किरासन का उठाव करने के बाद उसे नहीं बांटने वाले जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जायेगी लखीसराय जिले के बाढ़ प्रभावित इलाकों का निरीक्षण करने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुये उन्होंने कहा कि आपदा पीड़ितों की सहायता करना प्रशासन की पहली प्राथमिकता है उन्होंने अधिकारियों को बाढ़ राहत कार्य में तेजी लाने के सख्त निर्देश दिये श्रम संसाधन मंत्री ने बाढ़ और जल जमाव वाले क्षेत्रों में बाढ़ पीड़ितों के लिए सामुदायिक रसोई की संख्या बढ़ाने और जानवरों के लिए चारे का प्रबंधन करने का भी निर्देश दिया साथ ही पीने के स्वच्छ पानी दवा और डॉक्टरों की व्यवस्था करने को भी कहा पटना सहित प्रदेश के बाढ़ और जल जमाव वाले क्षेत्रों में डेंगू और चिकनगुनिया का कहर जारी है पटना समेत राज्य के विभिन्न अस्पतालों में डेंगू और चिकनगुनिया से पीड़ित ग्यारह सौ से अधिक मरीज विभिन्न अस्पतालों में भर्ती हैं केन्द्र और राज्य सरकार ने डेंगू और चिकनगुनिया प्रभावित इलाकों में लोगों का इलाज करने के लिए अतिरिक्त डॉक्टरों की तैनाती की है इधर डेंगू के बढ़ते मामलों को देखते हुये स्वास्थ्य विभाग ने पीएमसीएच और एनएमसीएच में कल से बारह अक्तूबर तक तीन दिवसीय निःशुल्क जांच शिविर लगाने का निर्णय लिया है राज्य सरकार ने तीन महीने के अन्दर सभी लाईसेंसी हथियारों का सत्यापन कराने का निर्देश दिया है सभी जिलाधिकारियों को भेजे गये निर्देश में कहा गया है कि वे अपने जिलों में हथियारों का सत्यापन सुनिश्चित करायें हथियार रखने वाले जिन लोगों का लाईसेंस इसके दायरे में नहीं आयेगा उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जायेगी उत्तर पूर्व के राज्यों खासकर नागालैंड और जम्मू कश्मीर से तस्करी के जरिये आने वाले लाईसेंसी हथियारों पर रोक लगाने के उद्देश्य यह निर्णय लिया गया है आम तौर पर बड़े अपराधों में इन हथियारों का इस्तेमाल होता है राज्य सरकार निगरानी में लेट लतीफी करने वाले डीएसपी रैंक के नवासी अधिकारियों पर कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है इन पर आरोप है कि इन्होंने एससी एसटी एक्ट से जुड़े मामलों की निगरानी में लापरवाही बरती है इनमें से अधिकतर एसडीपीओ के पद पर तैनात है मामला सामने आने के बाद आईजी डॉक्टर कमल किशोर सिंह ने इन अधिकारियों से जबाव तलब किया दीपावली और छठ प्रजा के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए रेल विभाग ने दिल्ली से चौंतीस पूजा विशेष रेलगाड़ियां चलाने की घोषणा की है यह विशेष रेलगाड़ियां अठारह अक्तूबर अक्टूबर से पांच नवंबर के बीच चलेंगी आनंद विहार से भागलपुर के लिए विशेष रेलगाड़ी चौबीस से एक नवंबर के बीच चलेगी आनंद विहार से यह ट्रेन बृहस्पतिवार को और वापसी में भागलपुर से शुक्रवार को आनंद विहार के लिए आएगी इसी प्रकार बरौनी से नई दिल्ली दरभंगा से नई दिल्ली और मुजफ्फरपुर से नई दिल्ली के बीच भी इस दौरान विशेष रेलगाड़ियां चलाई जा रही हैं जेईई नीट समेत देशभर में ली जाने वाली सभी प्रतियोगि परीक्षाओं के लिए एक्जामिनेशन मैनेजमेंट सिस्टम बनाया जायेगा इसके जरिये परीक्षार्थियों के लिए ऑन लाईन आवेदन एडमिट कार्ड से लेकर रिजल्ट प्रकाशन और शिकायतों के समाधान की व्यवस्था की जायेगी यह सिस्टम सिंगल ऑनलाईन फीचर से लैस होगा यानि अलग अलग परीक्षाओं के लिए छात्रों को कई यूजर नेम और पासवार्ड की जरूरत नहीं होगी इसके लिए एजेंसी का चयन किया जा रहा है जो एक ऑनलाईन पोटर्ल के जरिये यह कार्य करेगी गौरतलब है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी देशभर के इंजीनियरिंग मेडिकल मैनेजमेंट यूजीसी नेट समेत अन्य कोर्सों में नामांकन के लिए प्रवेश परीक्षाएं आयोजित करती है जिसमें एक साल में लगभग सत्तर लाख परीक्षार्थी शामिल होते हैं पूर्वी चम्पारण जिले की चिरैया थाने की पुलिस ने एक किसान से पांच लाख रूपये की रंगदारी मांगने वाले दो अपराधियों को गिरफ्तार किया है यह जानकारी देते हुये सिकरहना के डीएसपी शिवेन्द्र कुमार अनुभवी ने पत्रकारों को बताया कि बीते एक अक्तूबर को अपराधियों ने आमगाछी के एक किसान से रंगदारी की मांग की थी दोनों अपराधियों को केन्द्रीय कारा मोतिहारी भेज दिया गया है बाल्मिकी टाईगर रिजर्व के जंगल से दुर्लभ प्रजाति के वन्य जीव फिश आउल की तस्करी होने का खुलासा हुआ है वन प्रमंडल दो के गनौली क्षेत्र के वनकर्मियों की टीम ने पीपरा गांव में छापेमारी कर एक घर से तस्करी के लिए छुपाकर रखे गये दुर्लभ प्रजाति के उल्लू को बरामद किया और अब अंत में मुख्य समाचार भारत को फ्रांस से पहला रफाल लड़ाकू विमान मिला